यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर आज से ऊना जिला के दो दिवसीय प्रवास पर है इस दौरान वे विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे इनमें आईटीआई ऊना के नए भवन ईबीएम व वीवीपेट वेयर हाउस की आधारशिला प्रमुख रूप से शामिल है

मुख्यमंत्री का शाम को एक जनसभा को सम्बोधित करने का भी कार्यक्रम है फसल बीमा सिरमौर जिले में फसलों का बीमा करवाने क लिए दो फसल बीमा योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है

उन्होंने बताया कि इच्छूक किसान लोकमिंत्र केंद्र के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते है

इस अवसर पर पंचायत प्रधानों द्वारा लोगों को संविधान की शपथ दिलाई जाएगी और बैठक की शुरूआत संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के साथ होगी

बुरागटा मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने शिमला की राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरस्वती नगर में कल एक वार्षिक समारोह में भाग लिया

उन्होंने इस अवसर पर बच्चों को नशे से दूर रहने की अपील भी की आयोजन कुल्लू स्थित भगवान रघुनाथ जी मंदिर में आज जगती यानि देव संसद का आयोजन किया जा रहा है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

अमर उजाला की सुर्खी है मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेशाध्यक्ष पर हाईकमान लेगा फैसला दिव्य हिमाचल व दैनिक सवेरा टाईम्स के एक जैसे शब्द हैं हिमाचल में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जल्द अमर उजाला की सुर्खी है एचपीयू को सीयू बनाने पर सहमति केंद्र को देंगे प्रस्ताव कार्यकारी परिषद की बैठक में सभी सदस्यों ने भरी हामी

विधानसभा के नए सदस्य बने दो विधायकों को आगामी शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कमेटियों में स्थान मिलने से जुड़ी ख़बर पर हिमाचल दस्तक लिखता है रीना को कल्याण तो नैहरिया को मिली मानव विकास समिति दैनिक जागरण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है वायरल पत्र मामले में होगी कार्रवाई आपका फैसला ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के हवाले से खबर दी है सामाजिक बुराईयों के खिलाफ चलाए अभियान नई दिल्ली में राज्यपालों के सम्मेलन में रखा प्रदेश का पक्ष

मौसम पर पंजाब केसरी के शब्द हैं पर्वतीय क्षेत्रों में ताजा हिमपात व वर्षा से मौसम हुआ सर्द रोहतांग दर्रे पर डेढ़ फूट हिमपात अमर उजाला के मुताबिक रोहतांग में हिमपात शिमला में बूंदाबांदी